लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी

आपदा के बाद साल दर साल बढ़ी श्रद्वालुओं की संख्या

प्रदेश में हो रही बारिश से तापमान में आई गिरावट देहरादून में सामान्य से एक डिग्री कम तापमान दर्ज मौसम में बदलाव के चलते धूल और धुंध में कमी दृश्यता में भी सुधार ईद उल फितर देश के साथ ही प्रदेश में भी आज ईद का त्योसहार हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर देहरादून में ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज़ अदा की गई देहरादून के बिंदाल पुल स्थित ईदगाह में भी हजारों की संख्या में नमाजी इबादत के लिए पहचे जहां सभी ने ईद के पाक मौके पर ईद की नमाज पढ़कर अमन शांति की दुआए मांगीं नमाज पढ़ने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी ईद के अवसर पर राज्यपाल डॉ केके पॉल ने प्रदेशवासियों को ईद की श्भकामनाएं दी उन्होंने कहा कि हमारे सभी धर्म हमें शांति सदभावना और भाईचारे की शिक्षा देते हैं वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि रमजान के पवित्र महीने के अंत में आने वाला यह पर्व सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है यह त्यौहार लोगों में आपसी भाईचारे और पारस्परिक सौहार्द की भावना को मजबूत करता है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराना हम सबकी ज़िम्मेदारी है इसके लिये सभी आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित करवाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने और योगाभ्यास करने की भी सम्भवना है

डीआईजी ने अब तक हए रजिस्ट्रेशन वाहन व्यवस्था रूट प्रवेश पत्र आदि की जानकारी ली उन्होंने प्रतिनिधियों को पूर्ण प्रशासनिक सहयोग किये जाने का आश्वासन दिया प्रधानमंत्री अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्रर मोदी ने जम्मूम कश्म्र की सुरक्षा स्थिति और रमजान में आतंकरोधी अभियान स्थधगित रखे जाने की समीक्षा के लिए कल रात गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की अधिकारियों के अनुसार गृहमंत्री ने कश्मीरि में सुरक्षा स्थिति तथा विशेष रूप से श्रीनगर में वरिष्ठक पत्रकार शुजात बुखारी समेत हाल ही में हुई हत्या ओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री को स्थिति से अवगत कराया

आरक्षण केन्द्र सरकार ने अपने सभी विभागों और राज्य सरकारों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण पर अमल जारी रखने को कहा है केन्द्र ने यह कदम इस सिलसिले में उच्चतम न्यायालय के हाल के एक फैसले के बाद उठाया है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने एक आदेश में कहा है कि केन्द्र सरकार के मंत्रालयों विभागों और केन्द्र शासित प्रदेशों में संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप पदोन्नति को लागू करेंगे राज्य सरकारों को भी इस मामले में आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है उधर देहरादून में अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के संशोधन के विरोध में कल जन चेतना रैली निकाली जाएगी अखिल भारतीय समानता मंच के पदाधिकारियों ने यह जानकारी दी है शहीद पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा पर हुई गोलीबारी में उत्तराखंड का एक और जवान शहीद हो गया नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की तरफ से आज सुबह बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की गई भारत की तरफ से भी जवाबी कार्यवाही की गई लेकिन इस दौरान राइफलमैन विकास गुरुंग गोली लगने से शहीद हो गए

विकास के पिता भी सेना से सेवानिवृत हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा इस बार कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए पिथौरागढ़ नैनी सैनी से गूंजी तक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है प्रथम दल ने गूंजी तक की यात्रा पैदल ही पूरी की है पिथौरागढ़ में कल वायुसेना के हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने के बाद दूसरा दल अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ पहुंचने के बाद पिथौरागढ़ से हेलीकॉप्टर से गूंजी जाएगा हेलीकॉप्टर की व्यवस्था न होने की स्थिति में दल अल्मोड़ा से डीडीहाट होते हए धारचुला में रात्रि विश्राम करेगा और मेडिकल परीक्षण के बाद आगे की यात्रा करेगा उधर कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल कल गूंजी से नाधी धाम को प्रस्थान करेगा जिसके बाद यह दल वहीं रात्रि विश्राम करेगा मेडिकल परीक्षण में पहले दल के सभी यात्रियों को स्वस्थ्य और क्शल पाया गया यात्रा का दूसरा दल आज काठगोदाम से अल्मोड़ा पहुंचेगा प्रशासन की ओर से बताया गया है कि यात्रा की सभी व्यवस्थाएं सुचारु रुप से चल रही हैं

जिसके बाद से साल दर साल श्रद्दालुओं की संख्या में बढ़ोत्तरी होती गई वहीं इस साल चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्वालुओं के पहुंचने से पिछले कई सालों के रिकॉर्ड ट्रूट गए हैं यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है कपाट खुलने के बाद से अब तक कुल एक करोड़ छह लाख छियानबे हज़ार से ज़्यादा श्रद्वालु दर्शन के लिए पहुचे

उधर बीते सप्ताह से लगातार बारिश के चलते यात्रा में बाधा आ रही है इसके बावजूद भी यात्रा बदस्तूर जारी है वहीं यात्रा पड़ावों पर प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन होमगार्ड एसडीआरएफ की तैनाती की गई है साथ ही मार्ग अवरुद्ध होने और दुर्घटना की स्थिति पर काबू पाने के लिए मार्ग पर पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस और बचाव राहत दल चिकित्सक दल जल पुलिस और रेस्क्यू टीम की तैनाती की गई है साथ ही जगह जगह कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं मौसम प्रदेश में हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है मौसम विभाग ने देहरादून उत्तरकाशी टिहरी चमोली रूद्रप्रयाग बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कई स्थानों पर बारिश और गर्ज के साथ वर्षा की सम्भावना जताई है देहरादून में न्यूनतम तापमान में सामान्य से एक डिग्री की कमी दर्ज की गई है मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के देहरादून टिहरी पौडी हरिद्वार उधम सिंह नगर और नैनीताल ज़िलों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है उधर प्रदेश के पहाड़ी अंचलों में बारिश के चलते चारधाम यात्रा भी प्रभावित हुई है वहीं राजस्थान और पंजाब से उत्तराखंड की ओर आने वाली तेज़ हवाओं के कारण अगले कुछ घंटों के दौरान आसमान में धूल और धुंध की स्थिति जारी रहने की संभावना व्यक्त की है मौसम विभाग का कहना है कि मौसम में बदलाव के चलते धूल और धूंध में कमी आयेगी और दृश्यता में भी सुधार होगा आपदा उत्तरकाशी के ज़िलाधिकारी ने आपदा के दौरान शत प्रतिशत सफलता हासिल करने के लिए जनसहभागिता की ज़रूरत पर ज़ोर दिया आपदा न्यूनीकरण एवं जागरूकता दिवस के अवसर पर उत्तरकाशी में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी प्रकार की घटना घटित होने पर घटना की तुरंत सूचना देनी चाहिए उन्होंने कहा हमें रेस्क्यू टीम के आने की प्रतिक्षा नहीं करनी चाहिए और राहत और बचाव कार्य में जुट जाना चाहिए साथ ही उन्होंने कहा कि अच्छे प्रबंधन और सक्रिय जनसहभागिता से ही सफलता मिल सकती है संक्षिप्त समाचार जम्मू कष्मीर के बांदीपुरा मे तैनात रूद्रपयाग निवासी भारतीय सेना के जवान मानवेन्द्र सिंह का आज सैनिक सम्मान के साथ अतिंम संस्कार किया गया इस अवसर पर जिलाधिकारी मंगेष घिल्डियाल ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री की तरफ से शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्वाजंलि दी भारत ने अपने सीमा शुल्कस में पचास प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताजव करते हुए तीस वस्तुनओं की संशोधित सूची विश्वद व्यापार संगठन के पास भेजी है इन वस्तुओं में मोटरसाईकिलें लोहे और इस्पाात की कुछ वस्तुहएं बोरिक एसिड और दालें शामिल हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उत्तराखण्ड में कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के लिए मिस कॉल नम्बर जारी किया है इस अवसर पर उत्तराखण्ड के सभी सम्मानित वर्गों से कांग्रेस पार्टी की विचारधार से जुड़ने का आह्वान किया गया बद्रीनाथ स्थित भारत के आखिरी गांव माणा में तीन दिवसीय जैठ पूजै मेला का कल शाम शुभारम्भ किया गया क्षेत्रपाल भगवान घंटाकर्ण महाराज की पूजा अर्चना के इस उत्सव में स्थानीय लोगों के साथ ही बद्रीनाथ आये हज़ारों तीर्थ यात्री शामिल हुए सतपुली से कोटद्वार जा रही एक बस मर्ल्ली सतपुली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई